केंद्र सरकार राजधानी रांची समेत देश के विभिन्न शहरों में मेट्रोलाइट और मेट्रोनिओ परियोजनाओं की शुरुआत करेगी

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 केन्द्र सरकार ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों से होली शब ए बारात बिह ईस्टर और ईद उल फित्र के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने को कहा है स्वास्थ्य मंत्रालय में अपर सचिव आरती आहूजा ने इस संबंध में राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखा है इसमें कहा गया है कि इस समय कोई भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिए उन्होंने कहा कि कोविड महामारी को फैलने से रोकने के लिए विभिन्न मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन न करने पर अब तक की उपलब्धि पर पानी फिर सकता है राज्य में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं

इधर झारखंड में टीकाकरण का कार्य जोर शोर से चलाया जा रहा है

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड टीके की दो खुराकों के बीच जो अंतराल बढ़ाया गया है वह केवल कोविशील्ड टीके के लिए है कोवैक्सीन के लिए यह अवधि नहीं बढ़ाई गई है देश में कोविड टीकाकरण के तहत इन्हीं दो टीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने संवाददाताओं से कहा कि कोविशील्ड की दो खुराकों के बीच अंतराल का पहला टीका लगने के बाद चार से आठ सप्ताह कर दिया गया है

विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि रोगी अधिकार घोषणा पत्र के बारे में सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए वे कल ऑक्सफैम इंडिया तथा लीड्स की ओर से आयोजित रोगी अधिकार घोषणा पत्र विषय पर आधारित कार्यशाला में बोल रहे थे प्रो आर शरण ने कहा कि चिकित्सक मरीजों पर अनावश्यक दबाव न डालें लीड्स के निदेशक एके सिंह ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार मरीजों के अधिकारों को लागू कर इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करे वरिष्ठ पत्रकार मध्यकर ने कहा कि सरकारी और निजी अस्पतालों के लिए एक समान नियम कानून होना जरुरी है बता दें कि रोगी अधिकार घोषणा पत्र में सूचना का अधिकार खर्च की दरों के बारे जानने का अधिकार मेडिकल रिकॉर्ड और रिपोर्ट जानने आपातकालीन स्वस्थ्य सुविधाओं गोपनीयता भेदभावपूर्ण व्यवहार न करने सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण देखभाल मृतक का शव और व्यक्तिगत वस्तु पाने का अधिकार है रोगी की शिकायत सुने जाने और उसके निवारण का अधिकार जानकारी देकर सहमति का अधिकार दूसरों से विचार करने महिला रोगियों के लिए चेकअप के समय अन्य महिला के साथ रहने का अधिकार दूसरे अस्पताल में स्थानान्तरण का अधिकार तथा सूचना को डिजिटल करने से पहले सहमति का अधिकार शामिल है अमृत महोत्सव के अवसर पर कल सुचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो रांची की ओर से रामगढ़ कॉलेज में पांच दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया नगर विकास विभाग ने सभी नगर निकायों को कहा है कि वे मजदूरों का निबंधन कराना सुनिश्चित करें ताकि उन्हें काम मुहैया कराया जा सके इस योजना से अब वैसे मजदूरों को भी काम मिलेगा जो मनरेगा से भी निबंधित पर शहर में आकर काम करना चाहते हैं नगर विकास विभाग ने निबंधन के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी जारी किया है लेकिन मजदूर उतनी संख्या में निबंधन नहीं करा रहे हैं आपको बता दें कि राज्य में शहरी क्षेत्रों के प्रवासी मजदूर मुख्यमंत्री श्रमिक योजना में रूचि नहीं ले रहे हैं राज्य में अभी तक सिर्फ एक हजार सात सौ नौ लोगों ने रोजगार की मांग की है जिसके विरूद्व एक हजार चार सौ पैंसठ मजदूरो को काम उपलब्ध कराया गया है शेष को काम देने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है

श्री सुरी कल राज्यसभा में सांसद महेश पोद्दार के सवालों का जवाब दे रहे थे उन्होंने कहा है कि झारखण्ड के शहरों विशेष रूप से राजधानी रांची की बनावट और बसावट मेट्रो रेल की जगह मेट्रोलाइट या मेट्रोनिओ जैसे नये आध्निक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए ज्यादा उपय्क्त है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश के विभिन्न शहरों में मेट्रोलाइट और मेट्रोनिओ परियोजनाओं की शुरुआत की तैयारी में है झारखण्ड सरकार को अभी से ही केंद्र से संवाद बढ़ाकर इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन का प्रयास करना चाहिये साथ ही अपनी तैयारी भी दुरुस्त रखनी चाहिये सांसद श्री पोद्दार ने कल मेट्रोलाइट एवं मेट्रोनिओ परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न सदन में रखा था

संघ ने इसके लिए ब्लॉक को आर्डिनेटर और पंचायत सचिर्यो पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है मुखिया संघ ने इसकी जांच कराने का आग्रह राज्य सरकार से किया है

संघ के प्रमुख विकास महतो ने इस संबंध में अब केंद्र को भी पत्र लिखकर आवास प्लस पोर्टल को खोले जाने का आग्रह किया है इधर राज्य सरकार ने ऐसी शिकायतों की जांच करने का आदेश दिया है

इस दौरान शराब की दुकानें बंद रहेगी इस संबंध में उपायुक्त ने निर्देश जारी कर दिया है

निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के आलोक में पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष च्नाव कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है इस संबंध में उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने बताया कि निर्धारित दिनों में धनबाद जिले की सभी खुदरा उत्पाद दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी वहीं झारखंड पश्चिम बंगाल की सीमा पर वाहन जांच अभियान तेज कर दिया गया है धनबाद बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के गठन के लिए कल मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया चुनाव में एक हजार छह सौ उनहत्तर मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया

मतगणना के लिए आठ टेबल बनाए गए हैं

अध्यक्ष पद के लिए राधेश्याम गोस्वामी और एके सहाय के बीच सीधा मुकाबला है हमारे धनबाद संवाददाता ने बताया कि पहली बार मतदान कार्य में महिला अधिवक्ताओं को भी लगाया गया था मतदान कार्य के लिए कुल पांच टेबल बनाए गए थे जिसमें तीन टेबल पर महिला मतदान कर्मी तैनात थीं गढ़वा जिले के शिक्षा पदाधिकारी ने झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को पत्र लिखकर कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में सामग्री आपूर्ति में गड़बड़ी को लेकर सर्व शिक्षा अभियान के अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पर प्राथमिकी दर्ज कराने की अनुमति मांगी है

जहां से प्राप्त निर्देश के आलोक में झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय गढ़वा के सभी कर्मियों का वेतन उपायुक्त ने रोक दिया है

अखबारों की सुर्खियां राज्य से प्रकाशित होने वाले प्रमुख अखबारों ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामले से जुड़ी खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है प्रभात खबर ने लिखा है महाराष्ट्र और केरल से आने वालों को दिखानी होगी कोरोना जांच रिपोर्ट देश में कोरोना के दोहरे स्वरूप मिलने की खबर को दैनिक जागरण हिंदुस्तान और अंग्रेजी में प्रकाशित हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी पहली सुर्खी बनाया है दैनिक भास्कर ने जेइइ मेंस के मार्च सेशन के नतीजे जारी होने की खबर को प्राथमिकता से प्रकाशित किया है डीपीएस रांची का राहुल कुमार झारखंड टॉपर रांची एक्सप्रेस ने लातेहार में पांच पुलिसकर्मियों के निलंबन की खबर को पहली खबर बनाया है